सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर और सोनभद्र में चुनावी सभा को किया सम्बोधित

लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की चौदह सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया

इस चरण में सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकरनगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही संसदीय सीटें शामिल हैं पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं और महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया चूनाव आयोग ने मतदान स्थलों पर दिव्यांगों और महिलाओं के लिए विशेष प्रबन्ध किए

छठे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गयी जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी भाजपा नेता जगदम्बिका पाल हरीश द्विवेदी व कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय सिंह शामिल हैं सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमा का असर मतदान पर दिखाई पड़ा और बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया

मतदान के लिए दो हजार एक सौ अट्ठारह बूथ बनाये गये

आकाशवाणी समाचार के लिए सुल्तानपुर से मैं दर्शन साहू आजमगढ़ जिले की दोनों लोकसभा सीट लालगंज और आजमगढ़ के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच सम्पन्न हो गया और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से आजमगढ़ जिले में गर्मी के बावजूद मतदाताओं में मतदान को लेकर भारी जोश देखा गया

आजमगढ़ सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा प्रत्याशी एवं भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव मैदान में हैं वही लालगंज से मुख्य प्रत्याशी निवर्तमान सांसद नीलम सोनकर और गठबंधन से बसपा प्रत्याशी संगीता आजाद हैं आज मतदाताओं ने ईवीएम का बटन दबाकर इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया नरेन्द्र प्रताप आकाशवाणी समाचार आजमगढ़ जौनपुर जिले की जौनपुर और मछली संसदीय सीट पर आज हुए मतदान के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखा गया कड़ी धूप के बावजूद लोगों ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से जौनपुर और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में आज कड़ी सुरक्षा के बीच छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया इन सीटों पर पैतीस प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो गया दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में दो हजार एक सौ अड़तीस मतदान केन्द्र और तीन हजार चार सौ पचपन मतदेय स्थल बनाये गये जौनपुर सीट पर भाजपा के सांसद डाक्टर केपी सिंह और गठबंधन के बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव मैदान में हैं वहीं मछली शहर सीट पर भाजपा के बीपी सरोज और गठबंधन के बसपा प्रत्याशी टी राम चुनाव लड़ रहे हैं सुरक्षा के लिए जिले में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की कुल सत्ताइस कम्पनी और दो प्लाटून पीएसी की कुल सात कम्पनी और एक प्लाटून के साथ ही सिविल पुलिस और होमगार्ड के जवान भी लगाये गये इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में खासकर पहली बार मतदाता बने युवाओं में काफी उत्साह देखा गया लोलारक दुबे आकाशवाणी समाचार जौनपुर

सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैली और जनसभाएं कर रहे हैं इसी कम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देवरिया और कुशीनगर जिले में चुनावी रैलियों को सम्बोधित किया प्रधानमंत्री ने महात्माबुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षो क दौरान उन्होंने सरकार की कार्य संस्कृति को बदल दिया है उनका सपना है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने उन्होंने कहा कि पांच चरणों का चुनाव सम्पन्न हो चुका है और विरोधी दल जो ख्वाब देख रहे थे वह चकनाचूर हो गया है

विरोधी चारों खाने चित हैं बौखलाये हैं उन्हे समझ नहीं आ रहा है कि इस चौकीदार पर देश के सेवक पर लोगों का इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है भाईयों और बहनों आज दुनिया में जो भारत की गूंज सुनाई दे रही है देशहित के लिए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को वोट दे रहा हैं देवरिया में एक अन्य रैली को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मजबूत सरकार ही आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है श्री मोदी ने कहा कि य चुनाव न सांसद बनने के लिए है और न ही मंत्री बनने के लिए है बल्कि ये देश को एक नई ऊचाई पर ले जाने के लिए है प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि इस तपती हुई धूप में आप जिस तरह खड़े हैं यह उत्साह यह बता रहा है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने जा रही है

हमारी व्यवस्था कम पड़ गयी इतना बड़ा पैनल भी छोटा पड़ गया और मैं नहीं मानता हूँ कि मैं भी इससे बड़ा पैनल बना सकता हूं हमारा पैनल छोटा पड़ गया इतनी बड़ी तादात में आप लोगों को धूप में तपना पड़ रहा है इस कठिनाई के लिए मैं आप की क्षमा मांगता हूं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो तप रहे हैं उनको भी और जो पंडाल में हैं उनको भी मैं आपकी तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा आपकी इस तपस्या को आपके प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊगा और विकास करके लौटाऊगा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

लोकसभा के सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में एक चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा और रालोद गठबंधन देश में एक महान परिवर्तन के लिए है श्री यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्रो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण किसानों और व्यापारियों की स्थिति खराब हो गयी है सपा अध्यक्ष ने कहा कि यह गठबंधन सामाजिक न्याय के लिए है और इसके बिना लोग विकास समृद्धि और सामाजिक न्याय पाप्त नहीं कर सकते सोनभद्र में अखिलेश यादव ने एक अन्य रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन की सीमा तीन हजार होगी और लोहिया आवास के लिए चार लाख रूपये दिये जायेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने सोनभद्र के राबटर्सगंज और चंदौली में आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए केन्द्र सरकार पर जमकर प्रहार किया उन्होंने भाजपा पर झूठी बयानबाजी कर जनता से वोट मांगने का आरोप लगाया वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्रीय मंत्री गुलाब नबो आजाद ने महराजगंज में चुनावी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किया कोई भी वायदा पूरा नहीं किया उन्होंने कांग्रेस की न्याय योजना का जिक करते हुए कहा कि इससे गरीबों और किसानों का भला होगा

उन्होंने कहा कि सीमित प्राकृ तिक संसाधनों को देखते हुए सतत उपभोग और उत्पादन के जरिये ही समाज को बेहतर बनाया जा सकता है श्री नायडू ने कहा कि आतंकवाद का बढ़ता खतरा विनाशकारी भावना को दर्शाता है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी यह चुनाव नोटबंदी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर लड़ रही है आज नई दिल्ली में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रचार अभियान प्रेम पर आधारित है